बांछड़ा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रतलाम पुलिस ने की अभिनव पहल कोविड बैठक केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष श्रूआत में देश में कोरोना की वेक्सीन उपलब्ध हो जाएगी

मंत्री समूह ने लोगों से आगामी त्यौहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है

इसी के तहत जबलपुर में मिशन मास्क जबलपुर जीतेगा कोरोना हारेगा शुरू किया गया

वहीं फील्ड ऑऊट रीच ब्यूरो द्वारा कल जबलपुर में चलित प्रदर्शनी निकाली गई इन्दौर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने शहर के मुसाखेड़ी आजाद नगर नूरानी नगर लालबाग जूनी इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों में चलित प्रदर्शनी के माध्यम से कोरोना के संदर्भ में जागरूकता की अलख जगाई मंडला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जागरूकता प्रचार अभियान का श्भारंभ किया उधर ग्वालियर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने चलित प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की दमोह में रोको टोको अभियान के तहत नुक्कड नाटक के माध्यम से कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई

खास बात यह है कि इस धान के सूखने के बाद भी इसके पौधे गिरते नहीं है जिससे इसके दानों की गुणवत्ता बरकरार रहती है वैज्ञानिकों का दावा है कि इस धान में किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगेंगे

सागर की सुरखी सीट से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत और बसपा प्रत्याशी गोपाल अहिरवार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं सांची विधानसभा उपचुनाव के लिये आज दो नामांकन भरे गये कांग्रेस के प्रत्याशी मदनलाल चौधरी और निर्दलीय कमल सिंह तिरपालिया ने पर्चा दाखिल किया छतरपुर की बड़ामलहारा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने नामांकन जमा किया वहीं अनूपपुर में तीन अभ्यर्थीयों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किये मंदसौर जिले की सुवासरा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार ने आज डमी नामांकन भरा वहीं इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने भी पर्चा दाखिल किया हालांकि दोनों ही उम्मीद्वार पार्टी से बी फार्म मिलने पर दौबारा नामांकन दाखिल करेंगे अशोकनगर में आज एक भी प्रत्याशी ने नॉमिनेशन नहीं भरा राजगढ की ब्यावरा सीट से नामांकन के दौरान कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों पर मामला दर्ज किया गया है

इन रथों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं कांग्रेस ने भाजपा के प्रचार रथ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां महामारी से हरवर्ग परेशान है वहीं भाजपा लाखों रूपये खर्च कर हाइटेक डिजिटल रथ निकाल रही है

चुनाव आयोग के निर्देष पर वर्तमान कलेक्टर संजय कुमार को हटाया गया है

सांसद गणेश सिंह ने कल इसका लोकार्पण किया